ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी

उन्होंने कहा कि वार्षिक योजना में सामाजिक सेवा क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है

शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल गुणवत्ता के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेशों में एक है

मुख्यमंत्री इस दौरान इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे इनमें खुंडिया में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना का शिलान्यास और आईटीआई भवन का लोकार्पण शामिल है देहरा ज़िला भाजपा अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है

प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय कुमार ने किया इस अवसर पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने कहा कि वन कर्मी वर्षभर दूरदराज के क्षेत्रों में चुनौती भरी परिस्थितियों में काम करते हैं ये प्रतियोगिता विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को एक मंच पर एकसाथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका प्रदान करती है

ये उड़ान भुंतर किलाड़ चंबा किलाड़ भुंतर के बीच भरी जाएगी

मौसम प्रदेशवासियों को एक बार फिर कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है

इस बीच प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम के लगातार साफ बने रहने से तापमान में वृद्धि जारी है

जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है

डीसी हमीरपुर उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने ज़िले के सभी स्कूलों में दोपहर भोजन योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक व स्वच्छ भोजन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं योजना के अंतर्गत ज़िला स्तरीय समिति की आज हमीरपुर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने जिला व खंड स्तर के अधिकारियों को भोजन की गुणवत्ता की समय समय पर जांच करने को कहा